उन्होंने कहा कि इससे भारतीय कर प्रणाली में सुधार करने और इस सरल बनाने के प्रयासों को बल मिलेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ईमानदार करदाताओं का सम्मान करेगी और उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा

प्रधानमंत्री ने कहा कि कर दरों में काफी कमी की गई है और अनावश्यक कागजी कार्यवाही को भी समाप्त कर दिया गया है उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की कुशलता और सत्य निष्ठा को सम्मानित किया जाएगा कर सुधारों पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शॉर्टकट देश के विकास के लिए ठीक नहीं है उन्होंने कहा कि नीतियां और कानून लोगों को ध्यान में रख कर बनाए जाने चाहिए अनुराग ठाकुर इस बीच केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आज शुरू की गई पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान योजना से करदाताओं के जीवन में सरकारी दखल कम होगा और उन्हें कई अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी अनुराग ठाकुर ने आज एक बयान में कहा कि देश की प्रगति और उन्नति में करदाताओं का महत्वपूर्ण योगदान है उन्होंने कहा कि भारत को सशक्त समृद्व और आत्मनिर्भर बनाने में करदाताओं की बड़ी हिस्सेदारी है अनुराग ठाकुर ने ये भी कहा कि समय कर का भुगतान करना सभी नागरिकों का नैतिक कर्तव्य है उन्होंने ये भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार की नीतियों पर देशवासियों का विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है

उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल को देश का औद्योगिक केन्द्र बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है मुख्यमंत्री आज शिमला में सीआईआई द्वारा आयोजित वेबिनार के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे इस वेबिनार का विषय था एचपी इक्नोमिक समिट गेटिंग द ग्रोथ बैक मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी ने विश्व अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है उन्होंने माना कि इस महामारी से प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित ग्लोबल इंवेस्टर मीट के लक्ष्य भी प्रभावित हुए हैं इसके बावजूद सरकार निर्धारित निवेश लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रयासरत है

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार प्रदेश को विकास के मामले में देश का अग्रिम राज्य बनाने के लिए अग्रसर है उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन विकास योजनाओं आज शिलान्यास हुए उन्हें निर्धारित समय के भीतर पूरा करना सुनिश्चित बनाए मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकार ने केवल घोषणाएं की और ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं किया उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के अंतिम वर्ष में केवल आधारशिलाएं रखी गए जिन्हें मौजूदा सरकार द्वारा पूरा किया जा रहा है स्थानीय विधायक विनोद कुमार ने इस मौके पर क्षेत्र की विभिन्न विकासात्मक मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा

आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों में मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात एक गनमैन और पायलट का चालक भी शामिल है